स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशमर के जिलों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है प्रत्येक जोन के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं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 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केन्द्र सरकार की पूर्णबंदी के दौरान दी जाने वाली छूट राज्य के ग्रीन और ऑरेंज जोन में फिलहाल लागू नहीं होंगी

झारखण्ड कोरोना कोरोना के संक्रमण को देखते हुए झारखण्ड के लिए राहत की खबर है कि कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया जबकि राज्य के कृल एक सौ पन्द्रह संक्रमित मरीजों में से सताईस मरीज स्वस्थ हो गए हैं प्रदेश में कुल संक्रिय केस की संख्या पचासी है

यह राज्यों के सहयोग से संमव हो पा रहा है उन्होंने कहा कि अभी तक दस लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के परीक्षण हो चूके हैं

दुनिया भर में सौ से अधिक देशों के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पेरासिटामोल दवाईयों की आपूर्ति की गई है

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक द्वीट में स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है पीआईबी ने लोगों से व्यक्तिगत जानकारी और फीस एकत्र करने वाली फर्जी बेवसाइटों से सतर्क रहने को कहा है रेल मंत्रालय रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाडियां राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री रेल सेवाए निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं समीक्षा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन में ही आने वाले यात्रियों के नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे वहीं उनकी शारीरिक जांच होगी

पूर्वी सिंहमूम जिले के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला और वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन ने पदाधिकारियों के साथ टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रेल के माध्यम से आने वाले प्रवासी मजदूर और विद्यार्थियों की तैयारी की समीक्षा की उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जो भी व्यक्ति टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे उनके शारीरिक जांच के बाद अलग अलग वाहनों द्वारा शारीरिक दूरी बनाते हुए उनके निवास स्थान तक छोड़ा जाएगा सभी गाड़ी भी सैनिटाइज किए हुए रहेंगें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

कल धनबाद समेत दस जिलों के नौ सौ छप्पन विधार्थी कोटा से चली स्पेशल ट्रेन से धनबाद पहुंचे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद समी को होम क्वारेन्टाइन में रहने की सलाह दी गई इघर आज तीन श्रमिक स्पेशल रेल के द्वारा मजदूरों को तिरूवन्तपुरम बैंगलूरू और नागौर से लाया जा रहा है व्यवस्था बड़ी संख्या में अन्य राज्यों और झारखंड के अलग अलग जिलों के छात्र छात्राए लॉकडाउन के कारण बोकारो में फंसे हुए हैं जिला प्रशासन ऐसे विद्यार्थियों को भी उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि बोकारो स्टील सिटी में हजारों की संख्या में विद्यार्थी हैं जो छात्रावास में रहकर यहां के विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं और इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग करते हैं ऐसे छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जिला प्रशासन द्वारा इसका ख्याल रखा जा रहा है

अभी तक तेलांगना से गढ़वा जिले के चार सौ अठहत्तर मजदूरो को वापस लाया जा चुका है जबकि अभी दस हजार के करीब मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुये हैं जिन्हें लाने का प्रयास तेज कर दिया गया है

अपने घर और अपनों से दूर लम्बी लॉकडाउन का दबाव झेल रहे छात्र छात्राओं का जिला प्रशासन और मेडिकल टीम ने स्वागत कर हौंसला अफजाई की नाश्ता पानी से लेकर छात्रों की हर जरूरत का जिला प्रशासन ख्याल रख रहा था

जबकि जिले के सुदूर इलाके में रहने वालों को सुबह बसों से उनके घर भेजा गया

वह अस्वस्थ महसूस कर रहा था स्वास्थ्य जॉच के लिए उसे पीएमसीएच ले जाया गया छात्रों ने केन्द्र और राज्य सरकार का आभार जताया साथ ही जिला प्रशासन की भी सराहना की साहिबगंज छात्र राजस्थान के कोटा में लाकडाउन के दौरान फंसे साहिबगंज जिले के उनहत्तर छात्र छात्राएं देर रात एक बजे सहिबगंज जिले के बरहेट पहुंचे मेडिकल टीम द्वारा सभी को कोरेंटिन कार्ड जारी किया गया जिला प्रशासन ने सभी छात्रों के लिए खाने के पैकेट्स और पानी के साथ उन्हें उनके घर पहुंचाने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था की

कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग के लिए यहां के स्वयंसेवी संगठनों की भी सराहना हो रही है

पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने पत्रकारों को कल देर शाम बताया कि जेल में बंद कुख्यात कृष्णा मंडल के माई विष्णू मंडल ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली चलाई थी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल कक्षपाल का पटना में इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रजनीश के बेहतर इलाज के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी की है मौसम मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि आज से नौ मई तक रांची समेत आस पास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे मौसम विभाग के निदेशक डा एस डी कोटाल ने बताया कि उतर पूर्वी मध्य प्रदेश और आस पास के क्षत्रों में साईक्लोनिक सर्कुलेशन के असर के कारण ऐसा हुआ है मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश और वजपात की भी चेतावनी दी है

ये परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी